अब समाचार विस्तार से बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कल पेश किये गए पहले डिजिटल बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है इसके लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है ये हैं स्वास्थ्य तथा कल्याण मौतिक तथा वित्तीय पूंजी और अवसंरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास मानव संसाधन में नवजीवन का संचार नव परिवर्तन अन् संघान तथा विकास और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन

पशुपालन डेरी और मछली उद्योग को ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा ग्रामीण ढांचा विकास कोष के लिए आबंटन तीस हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रूपये करने की भी घोषणा की गई है कृषि विपणन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ई नाम के साथ एक हजार और मंडियों को एकीकृत करेगी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार ने इसमें एक करोड़ और परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है

सड़क और राजमार्ग ढ़ांचे में बढ़ोतरी के लिए बजट प्रस्तावों में नये आर्थिक कॉरीडोर बनाने की घोषणा की गई है श्रीमती सीतारामन ने प्रराने और अनुपय्क्त वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की

भोपाल विकास कार्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कल विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल को एडवेंचर दूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाया जाएगा

नए विकास कार्य भोपाल की पहचान बन जाएंगे

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्लेटिनम प्लाजा से झरनेश्वर मंदिर तक बने नवनिर्मित मार्ग का लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री ने भोपाल की बड़ी झील के पास वीआईपी रोड पर सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में दी गई

इस विशेष अभियान के अंतर्गत संभाग के समी जिलों में एक साथ पुनर्वास तथा राहत की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है संभाग के जिलों में ठंड से बचाव के लिये जरूरतमंदों को कहीं कंबल बांटे जा रहे हैं तो कहीं संवेदनशील पहल करते हुए उनके खाने पीने तथा आश्रय की व्यवस्था की जा रही है इस अभियान में जनप्रतिनिधियों विभिन्न सामाजिक संगठनों एनजीओ के प्रतिनिधियों आदि का सहयोग भी लिया जायेगा

सेंटर में आयुष चिकित्सा के साथ योग पंचकर्म एवं पैथालॉजी की सुविधाएँ भी उपलब्ध होगी

दूसरे चरण में राज्य वेटलैण्ड द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले से तालाबों के हेल्थ कार्ड्स तैयार कर केन्द्र शासन को भेजे जा रहे हैं प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि भोपाल का मोज वेटलैण्ड बड़ा एवं छोटा तालाब प्रदेश का एकमात्र घोषित रामसर साइट है

जिसके तहत कल गैरतगंज में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के दल ने संयुक्त कार्रवाई की